रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले लोगों की शुरू हुई रैंडम जांच निजीकरण के विरोध में बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल आज से शुरू

एक महिला गम्भीर रूप से घायल

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो आठ प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटे में चौवालीस मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गयी वहीं इसी अवधि में तेरह जिलों से पचास नये मामलों की भी प्रष्टि हुई सबसे अधिक अट्ठाईस मामले पटना से सामने आये हैं एक दिन में एक मरीज की मौत होने से इस वैश्विक महामारी से मरने वालों को आंकड़ा बढ़कर एक हजार पांच सौ इक्यावन हो गया है इधर स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे राज्यों से आने वाले लागों की रैंडम कोविड जांच शुरू कर दी है इसके लिए रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे और बस स्टैंड पर टीमों की तैनाती की गयी है कल पटना में पचहत्तर लोगों की जांच की गयी प्रदेश में अब तक तेरह लाख पंचानवे हजार दो सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें दस लाख तिरानवे हजार पांच सौ इक्यानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख एक हजार छह सौ इकसठ लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक किसी भी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल असर नहीं दिखा है विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के रोगग्रस्त लोगों को जल्द से जल्द टीका लेने की सलाह दी है लोग इसके लिए कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु एप पर अपना निबंधन करवा सकते हैं इसके अलावा टीका केन्द्रों पर भी निबंधन करवाया जा सकता है इस बीच विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीके की दूसरी डोज लेने के लिए जिन लाभार्थियों के मोबाईल पर मैसेज नहीं आता है वे अपने टीका केन्द्र पर जाकर दूसरी डोज ले सकते हैं दूसरी डोज के लिए मोबाईल पर मैसेज मिलने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है विभाग ने कहा है कि टीके की पहली खुराक जिस तारीख को ली गयी हो उसके अट्ठाईस दिन बाद लोग टीकाकरण केन्द्र पर जाकर दूसरी डोज ले सकते हैं नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय ने कोविड का टीका लगवाने के बाद भी लोगों से मास्क पहनने दो गज की दूरी के नियम का पालन करने और बार बार हाथों को साफ करने की अपील की है

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गयी है और अप्रैल महीने से इस पर काम शुरू हो जायेगा उन्होंने बताया कि इन कोन्द्रों में प्रसव शिशु की देखभाल किशोर स्वास्थ्य सुविधा गैर संक्रामक रोगों के प्रबंधन की सुविधा के साथ साथ आंख नाक कान और गले से संबंधित बीमारियों का इलाज हो सकेगा श्री पांडेय ने बताया कि प्रदेश में अभी एक हजार चार सौ तिरानवे वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल आज से शुरू हो रही है यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर हड़ताल का आयोजन किया गया है हड़ताल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित राज्य के तीन हजार नौ सौ अठहत्तर राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक और दो हजार एक सौ दस ग्रामीण बैंक शामिल रहेंगे हालांकि इस दौरान एटीएम सेवा जारी रहेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए दस लाख बत्तीस हजार से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है इस कार्यक्रम के लिए दो लाख साठ हजार से अधिक शिक्षकों और बानवे हजार से अधिक माता पिता ने भी पंजीकरण कराया है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम बच्चों के लिए तनावरहित माहौल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरु किए गए व्यापक अभियान का एक हिस्सा है इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री स्कूल के विद्यार्थियों उनके माता पिता और शिक्षकों के साथ आने वाली परीक्षाओं के सिलसिले में बातचीत करेंगे इस महीने वर्च्रअल माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित होगा यह इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी होगी इस वर्ष पहली अप्रैल से सात बैंकों के चेक बूक अमान्य हो जायेंगे इनमें वे बैंक शामिल हैं जिनका किसी अन्य बैंक में विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि उसमें विलय हुये ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स और यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के चेक बुक इकतीस मार्च तक ही मान्य रहेंगे वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा का हिस्सा बन चुके देना बैंक और विजया बैंक के चेक बुक इस महीने के बाद काम नहीं करेंगे आंध्रा बैंक कॉपोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक के चेक बुक भी एक अप्रैल से अमान्य हो जायेंगे हालांकि केनरा बैंक में विलय के बाद सिंडिकेट बैंक की चेक बुक की मान्यता इस साल तीस जून तक रखी गयी है किशनगंज नगर थाना क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड संख्या चार स्थित सलाम कॉलोनी में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी मृतकों में पिता और उसके चार पुत्र शामिल हैं देर रात हुए इस हादसे में एक महिला गम्भीर रूप से घायल हो गयी जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है किशनगंज सदर अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ महाशिवरात्रि पर हाजीपूर पुलिस लाईन में अश्लील नृत्य कराने के मामले में ग्यारह सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है साथ ही इन सभी का सीतामढ़ी और शिवहर स्थानांतरण किया गया है पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने ये कार्रवाई की है गौरतलब है कि इस मामले में बारह पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी एक पुलिसकर्मी के उस दिन छुट्टी पर होने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की गयी शब ए बारात अट्ठाईस मार्च को मनाया जायेगा इमारत ए शरिया फुलवारीशरीफ और खानकाह मुजीबिया ने शाबान का चांद देखे जाने का एलान किया है आज शाबान की पहली तारीख है इंग्लैंड के साथ चल रही टी ट्वेंटी मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में बिहार के ईशान किशन की धमाकेदार पारी से भारत ने सात विकेट से जीत हासिल की है अपने पदार्पण मैच में ईशान किशन ने बत्तीस गेंदों में छप्पन रनों की पारी खेली इसमें पांच चौके और चार छक्के शामिल हैं उन्हें अपने पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया जीत के बाद ईशान किशन ने कहा कि वे अपनी यह पारी कोच और पिता को समर्पित करते हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सम्पन्न पांचवीं ईस्ट जोन शूटिंग प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने सात स्वर्ण आठ रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं बेंगलुरू में आयोजित महिला सीनियर एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने अरूणाचल प्रदेश की टीम को चौंसठ रनों से पराजित कर दिया झारखंड के सिमडेगा में आयोजित ग्यारहवीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने केरल को दो एक से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है बिहार की टीम का मुकाबला आज उत्तर प्रदेश से होगा

यह दिवस हर वर्ष पंद्रह मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति विश्व में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं देते हुये अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की है पटना के एक व्यवसायी से झारखंड के कोडरमा में डेढ़ करोड़ रूपये नकद और सवा किलो सोना लूट के मामले में पुलिस ने रांची से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है इनके पास से लूट के सभी सामान बरामद कर लिये गये हैं बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा दो हजार बीस स्थगित कर दी है आयोग ने कहा है कि परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बाद में जारी किया जायेगा यह परीक्षा तीन अप्रैल से शुरू होनी थी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए कल आयोजित लिखित परीक्षा में पचपन अभ्यर्थियों को कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया इसमें सबसे अधिक छब्बीस की गिरफ्तारी पटना से हुई है इधर बोर्ड ने बिहार अग्निशमन सेवा में सिपाही कोटे पर होने वाली भर्ती के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है परीक्षा का आयोजन छह जून को होगा अक्षर आंचल योजना के तहत नव साक्षर महिलाओं के लिए कल आयोजित परीक्षा में साढ़े चार लाख महिलाएं शामिल हुईं जन शिक्षा निदेशक सतीश चन्द्र झा ने बताया कि परीक्षा में महादलित अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग की पन्द्रह से पैंतालीस आयु वर्ग की महिलाएं शामिल हुईं रोहतास जिले के चुनार कोतवाली के नंदूपुर रूदौली गांव के पास अपराधियों ने तीन युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस अधीक्षक नक्सल महेश कुमार अत्री ने बताया कि इनमें से दो मृतक के पास से कारतूस बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि हत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है मृतकों का आपराधिक इतिहास बताया जाता है पूर्वी चम्पारण जिले के सुगौली थाना क्षेत्र अन्तर्गत गोविंदापुर गांव में एक मकान की रेलिंग गिरने से दो महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी पश्चिम चम्पारण जिले के साठी थाना क्षेत्र अन्तर्गत पुरैनिया गांव में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी पटना जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सरगना सहित तेरह सदस्यों को गिरफ्तार किया है इन सभी के पास से चार मोटरसाईकिल भी बरामद किये गये हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत गरवा गांव में आपसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गयी अरवल जिले के कलैर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से पांच हजार लीटर शराब बरामद की है मौके से चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जदयू में विलय की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने लिखा है नो साल बाद उपेन्द्र की घर वापसी जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाये गये प्रभात खबर ने इसी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है दूसरी बार नीतीश कुमार के साथ आये उपेन्द्र कुशवाहा हिन्दुस्तान ने लिखा है कोरोना की नई लहर का खतरा महाराष्ट्र की स्थिति गम्भीर दैनिक जागरण लिखता है निजी बसों का किराया बीस प्रतिशत बढ़ा दैनिक आज ने साक्षरता परीक्षा से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है बच्चों ने दिलाई मम्मियों को परीक्षा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है एक अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट मिलेगा ऑनलाईन मिलेगा

रेलवे स्टेशन हवाई अड्डा और बस स्टैंड पर बाहर से आने वाले लोगों की शुरू हुई रैंडम जांच निजीकरण के विरोध में बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल आज से शुरू

एक महिला गम्भीर रूप से घायल